झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है यूपीए ने दो में से एक सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिब् सोरेन को उम्मीदवार बनाया है दुसरी सीट के लिए उम्मीदवादर के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अबतक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की कल नई दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याषी के नाम की घोषणा जल्द कर दिये जाने की संभावना है

ये नए मामले बंगलुरू और पुणे से हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव संजीवा कमार ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि सरकार स्थिति पर कडी निगरानी रखते हए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के हरसंभव उपाय कर रही है संजीवा क्मार ने बताया कि मंत्रिमंडल सचिव ने भी कल स्थिति की समीक्षा की और इस बारे में एक नया परामर्श जारी किया

श्री कुमार ने बताया कि नोवल कोराना वायरस के कारण देश में अब तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एक सौ से अधिक देशों में घातक नोवल कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसके वैश्विक महामारी बनने का खतरा बढ गया है हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है नोवेल कोरोना वायरस दुनिया भर में एक सौ पांच देशों में फैल गया जिससे तीन हजार आठ सौ सत्रह लोगों की मौत हो चुकी है और एक लाख दस हजार उन्तीस लोग संक्रमित हैं

साथ ही विदेश की गैर जरूरी यात्रा नहीं करने को कहा है अतिरिक्त यात्रा परामर्श जारी करते हुए मंत्रालय ने कहा कि दुनियाभर में सौ से अधिक देशों में अब कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं

साहिबगंज जिले में पेयजल समाधान अभियान के तहत खराब पड़े चापाकल की मरम्मत कराई जाएगी

मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है पष्चिमी विक्षोम के कारण राज्य भर में इसका असर हो सकता है विभाग के अनुमान के अनुसार वर्षा के साथ तीस से चालीस किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी साथ ही ओला वृष्टि की भी संभावना है मौसम विभाग ने तेरह और चौदह मार्च को भी हल्की वर्षा की चेतावनी दी है रांची समेत कई क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और छिटपुट वर्षा हो रही है

अन्य सेमीफाइनल में अमित पंघाल को बावन किलो वजन वर्ग में और लवलीना बोरगोहेन को उनहत्तर किलो वजन वर्ग में हार झेलनी पड़ी इससे पहले विकास पंघाल लवलीना और एमसी मैरीकॉम सहित आठ मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर तोक्यो ओलम्पिक के लिए कोटा हासिल कर लिया था और अब संक्षिप्त खबरें रंगों का त्योहार होली राज्यभर में हर्ष और उल्लास के साथ मनायी गयी

हालांकि इस बार कोरोना वायरस के फैलाव पर अंक्श लगाने को लेकर होली खेलने के दौरान लोग सजग नजर आये